संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया श्री कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया बाइट विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिन्दू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वो भारत आ सकते हैं पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया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 मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि परस्पर चर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जनता ने सरकार को नये भारत के निर्माण का जनादेश दिया है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

राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फसले के बाद परिपक्व व्यवहार करने पर भी देशवासियों की सराहना की

सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बोच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्लख है रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में चीन जैसी श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं इसमें नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में विशेषज्ञता के जरिये रोजगार सृजन और विकास का जिक्र किया गया है

इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन पांच प्रतिशत था सर्वेक्षण में जमीनी स्तर पर परिसम्पत्तियों के सूजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है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

केन्द्रीय बजट कल पेश होगा

सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी कल शाम सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग करने को कहा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन परिसर में कहा कि हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में इस दशक की मजबूत नींव रखी जाये

इस दशक का भी यह प्रथम सत्र है हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला यह सत्र बना रहे और मैं चाहता हूं कि दोनों सदन में आर्थिक विषयों पर एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल के ऊपर बहुत व्यापक चर्चा हो अधिक अच्छी चर्चा हो दिनों दिन हमारा चर्चा का स्तर अधिक समृद्ध होता चले नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिये निकाली गई पांच दिवसीय गंगा यात्राओं का आज कानपुर में समापन हो गया

कानपूर में गंगा बैराज स्थित नवनिर्मित अटल घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंचोच्चार के साथ गंगा पूजन किया और आरती उतारी इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राज्य सरकार में मंत्री सुरेश राणा और सुरेश खन्ना सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे

यात्राओं के दौरान विभिन्न जनपदों मेरठ अमरोहा गाजीपुर मिर्जापुर वाराणसी और प्रयागराज सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा सफाई और स्वच्छता की दिशा में काफी काम हुआ है उन्होंने कहा कि गंगा अब निर्मल हो गई है गंगा में पहले भारी गन्दगी के कारण मछलियां मर जाती थी लेकिन अब स्थिति सुधरी है लोग गंगा में डुबकी लगा रहे है उन्होंने कहा कि पांच दिनों की गंगा यात्रा के दौरान विभिन्न तरह के रचनात्मक कार्य हुए है मुख्यमंत्री ने गंगा किनारे के गांव में कैमिकल का प्रयोग न करने की अपील की उन्होंने इस अवसर पर मौजूद लोगों को गंगा की निर्मलता अविरलता और स्वच्छता का संकल्प दिलाया

पुलिस ने कई घंटे के प्रयास के बाद बच्चों को मुक्त कराया बंधक बनाने वाले व्यक्ति की मकान में ही पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से इस घटना पर बारीकी से नजर रखी ब्यौरा हमारे संवाददाता से महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स हाल ही में हत्या को एक मामले जमानत पर छूटकर आया था उसने बच्चों को एक जन्मदिन पार्टी के बहाने से बुलाया और फिर उन्हें बंधक बना लिया उससे बातचीत की कोशिश करने वाले गांव के लोगों और पुलिस पर भी उसने गोलियां दागी थीं यहां तक कि उसने धमाके से सबको उड़ाने की भी धमकी दी हालांकि उसने कोई मांग नहीं रखी थी लेकिन उसके तौर तरीके से लग रहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार था बंधक मामले की जानकारी मिलते ही आतंकरोधी दस्ते त्वरित कार्रवाई बल और पुलिस की विशेष कार्रवाई टीमें मौके पर पहुंच गयीं और बातचीत के प्रयास खत्म हो जाने के बाद महिलाओं और बच्चों को सकुशल बचाने को लिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जिसमें संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई कुछ कथित प्रदर्शनकारियों से किये जाने के नोटिसों को रद्द करने की अपील की गई थी केन्द्र ने बैंकों से पेंशन धारकों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र उनके घर से ही एकत्र करने का निर्देश दिया है पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों की स्विधा के लिए यह ऐतिहासिक फैसला किया

समाप्त